प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या दस हजार के आंकड़े को पार

देश भर में अनलॉक टू के नये दिशा निर्देश आज से लागू

और प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या दस हजार के आंकड़े को पार कर गयी है आज अठासी नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार छिहत्तर हो गयी पटना से सबसे अधिक बारह नये मामले सामने आये हैं मधुबनी से ग्यारह पश्चिम चंपारण से नौ कटिहार से आठ और कैमूर से पांच मामलों की पुष्टि हुई है दरभंगा जमुई और मधेप्रा से चार चार भागलप्र गया और सहरसा से तीन तीन तथा औरंगाबाद बांका पूर्वी चंपारण किशनगंज नवादा शेखपुरा और सीतामढ़ी से दो दो मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा भोजपुर गोपालगंज लखीसराय मुंगेर रोहतास सारण शिवहर और सुपौल में एक एक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में पांच लोगों की मौत हुई है मृतकों की संख्या तिहत्तर हो गयी है मृतकों में समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पटना सीतामढ़ी और झारखंड के एक एक व्यक्ति शामिल हैं उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में दो सौ सड़सठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी है अब तक सात हजार आठ सौ ग्यारह लोग स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने की दर लगभग अठहत्तर प्रतिशत है वहीं मृत्यु दर शून्य दशमलव पांच सात प्रतिशत है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य में अभी एक हजार छप्पन कंटेनमेंट जोन हैं देश भर में पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के अठारह हजार छह सौ तिरपन नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच लाख पचासी हजार चार सौ तिरानवे हो गई है अब तक तीन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ उनासी लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है पिछले चौबीस घंटे में तेरह हजार एक सौ संतावन रोगी ठीक हुए हैं वहीं एक दिन में पांच सौ सात लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या सत्रह हजार चार सौ हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर उनसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड उन्नीस से बचाव के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले सेनेटाइजर की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरुरी है नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सेनेटाईजर की पहचान के तरीकों के बारे में जानकारी दी साउंड बाइट सेनेटाइजर को हाथ पे लगाइये हाथ पे मलिए अगर उस सेनेटाइजर में आपको ये आमास हो कि वाष्य बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया वह सेनेटाइजर तो है कामयाब और असली और अगर आपके हाथ में पानी जैसा आने लगे तो वह सेनेटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली ज़लाई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के डॉक्टर्स दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ाई में अग्निम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की प्रशंसा करता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संकट के इस काल में चिकित्सक और नर्स ईश्वर का रूप हैं उन्होंने कहा कि मॉ बच्चे को एक बार जन्म देती है लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है

उसको रिकोगनाइज किया जाता है और इसी दिन डॉक्टरों को भी इस चीज की रिलाइजेशन होती है कि सोसायटी इतना ट्रस्ट और फेथ उनके ऊपर रखती है और उसको हमें अफोर्ड करने के लिए हमारी जिम्मेवारी कितनी बडी है हमें उसमें अपने आपको पूर्ण रूप से उतारना है तो यह दोनों तरफ का एक ट्रस्ट और बॉड़ तो सिम्बेलाइज करने वाला दिवस है और इसको हमें ग्रेजूटेट से भी लेंगे और हम ये भी लेंगे कि हमें डॉक्टर कम्पूनिटी को कितना रिजोवल करना है कि हम सोसायटी की अपेक्षाओं के प्रति पूरे उतर के आयें लॉकडाउन के प्रतिबंधों में चरणबद्ध छूट के तहत देशव्यापी अनलॉक दो के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं यह चरण इकतीस जुलाई तक प्रभावी रहेगा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह कड़ाई से लागू किया जाएगा इसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया है वहीं मेट्रो रेल सिनेमा हॉल जिम स्वीमिंग पूल थियेटर बार ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल और इस तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढ़ील दी गयी है और अब कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा साउंड बाईट दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक तथा अधिक भीड़माड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में समी शेष समी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से हैं जिसे धीर धीरे बढाया जाएगा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी संक्रमित क्षेत्र को निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रो में दिशा निर्देशों का पुरी तरह पालन हो रहा है या नहीं इसके अलावा कोविड उन्नीस के प्रबंधन के सम्बंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली इधर बिहार सरकार ने अनलॉक टू को लेकर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह लागू कर दिया है दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर जिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं गृह विभाग ने कहा है कि बिना मास्क पहने देखे जाने पर मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया जायेगा सभी के लिये मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मास्क के प्रति जागरूकता के लिये लगातर सार्वजनिक जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है वैशाली जिले के हाजीपूर में ऑटोरिक्शा चालकों और दुकानदारों को मास्क पहनने की शपथ दिलायी गयी शेखपुरा में मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को भेजे गए वेंटीलेटर गहन चिकित्सा कक्ष में इस्तेमाल के लिए हैं मंत्रालय ने कहा है कि इन वेंटीलेटरों की तकनीकी क्षमता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुरूप है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंद्रह जुलाई तक सभी नये राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने नये राशन कार्ड को आधार संख्या से लिंक करवाने का भी निर्देश दिया सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि बाईस लाख इक्यासी हजार नये राशन कार्ड बनाये गये हैं जिनमें चार लाख से अधिक का वितरण किया जा चुका है प्रदेश भर में मॉनसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की ओर से जारी ब्रलेटिन के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है आज सबसे अधिक जमुई जिले के सोनो में सत्तर मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं सारण जिले के जलालपुर और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में पचास पचास मिलीमीटर जबकि चकिया सुरसंड मधेपुरा अररिया और मढ़ौरा में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश हुई है विभाग ने कहा है कि अभी एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के हिस्सों में बना हुआ है जिस कारण राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है वहीं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश भर में हो रही बारिश के कारण अधिकतर नदियों का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक बागमती कोसी महानंदा और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है लेकिन जलस्तर की प्रवृत्ति स्थिर बनी हुई है खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से तिहत्तर सेंटीमीटर ऊपर है महानंदा नदी ढेंगरा घाट में छियालीस सेंटीमीटर जबकि झाबा में लाल निशान से अठाईस सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से बानवे सेंटीमीटर ऊपर है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं नदी का जलस्तर बेनीबाद में लाल निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बहुचर्चित राइस मिल घोटाले के मुख्य आरोपी देवेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है निदेशालय के पटना स्थित कार्यालय में पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है गौरतलब है कि राइस मिल घोटाले में अब तक एक हजार से अधिक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है आरोप है कि मिल मालिकों ने अधिकारियों की मिलीभगत से सत्रह लाख मीट्रिक टन धान का गबन कर लिया था केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के उपाय करके कृषि उत्पाद में बढोतरी की जा सकती है उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें किसानों को लिखे पत्र में उनकी सराहना करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोविड उन्नीस लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम किया है उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नये पंजीकरण की प्रक्रिया उद्यम नाम से शुरू हो गयी है यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कागज रहित और स्व घोषणा पर आधारित है पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है पंजीकरण के लिए केवल आधार नम्बर आवश्यक होगा इच्छुक लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा और इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस बाईस के लिये इंटरमीडिएट में नामांकन की नई तिथि की घोषणा की है

प्रदेश के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जायेंगे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई सर्विस को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तहत दस डाकघरों से इसकी शुरूआत की गयी है बिहार झारखंड सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर पर बैंकिंग बीमा रोजगार संबंधी सेवाएं शिक्षा सेवाएं मतदाता पंजीकरण और जन वितरण प्रणाली समेत केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी औरंगाबाद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये अररिया जिले के बौंसी और पलासी थाना क्षेत्र में ड्बने की अलग अलग घटनाओं में दो बच्चों की मौत हो गयी शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर मुहल्ले में बाल विवाह के एक मामले में मौलवी सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या दस हजार के आंकड़े को पार

देश भर में अनलॉक टू के नये दिशा निर्देश आज से लागू

और प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर